फास्टैग वाहनों से पथकर वसूलने के लिए फास्टैग यानी प्रीपेड टोल की स्वचालित भुगतान व्यवस्था आज सुबह से लागू हो गई है यह सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक अमरेन्द्र कुमार ने बताया कि ये प्रणाली सुचारू रूप से काम कर रही है उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा पर भुगतान करने के लिए लोगों को अब अपने वाहन रोकने नहीं पड़ेंगे निर्बाध आवागमन के लिए फास्टैग के माध्यम से पथकर वसूलने की राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रह प्रणाली लागू की गई है फास्टैग में रेडियो तरंगों के जरिये वाहन की पहचान होती है और चलते वाहन से सीधे पथकर का भुगतान हो जाता है यदि कोई चालक फास्टैग के बिना इलेक्ट्रॉनिक पथकर लेन में चला जाता है तो उसे दोगुने शुल्क का भुगतान करना होगा नगरीय निकाय चुनाव प्रदेश में इक्कीस दिसंबर को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए इस समय प्रचार अभियान जोरों पर हैं सभी प्रत्याशी रैली और जुलूस के साथ ही जनसंपर्क के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं प्रमुख पार्टियों के स्टार प्रचारक भी विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं वहीं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रचार अभियान पर लगातार निगरानी रखी जा रही है निर्वाचन की घोषणा से लेकर अब तक संपत्ति विरूपण के सड़सठ हजार से अधिक मामलों में कार्रवाई की गई है आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आदर्श आचार संहिता पालन के संदर्भ में शासकीय भवनों और सार्वजनिक परिसरों से वॉल पेंटिंग पोस्टर बैनर और होर्डिंग हटाने संबंधी कार्रवाई की गई है इस बार प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों में पार्षदों का निर्वाचन मतपत्र और मतपेटियों के माध्यम से होगा आयोग द्वारा मतदान दलों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी किया जा रहा है रायपुर जिले के अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर और बीरगांव के अलावा तीन नगर पालिका परिषद और चार नगर पंचायत में इक्कीस दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए कल रायपुर में मतगणना सहायक और मतगणना सुपरवाईजर को प्रशिक्षण दिया जाएगा अवैध धान कार्रवाई छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से अवैध धान का परिवहन रोकने और अवैध रूप से संग्रहित धान के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है अब तक दो हजार चार सौ अड़तीस मामलों में इकतीस हजार टन से अधिक धान और दो सौ अस्सी वाहन जब्त किए गए हैं यह जानकारी मुख्य सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक में दी गई इस बैठक में रायपुर दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शामिल हुए मुख्य सचिव ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानो द्वारा पंजीकृत रकबे के अनुसार प्रति एकड़ पंद्रह क्विंटल धान की खरीदी की जाए साथ ही किसानों की सहूलियतों का ध्यान भी रखा जाए बैठक में बताया गया कि धान खरीदी के दूसरे सप्ताह में अब तक करीब चौदह लाख टन धान की खरीदी की गई है इसके बदले किसानों को एक हजार सात सौ पैंसठ करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है इस बीच जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में एक वाहन से दो सौ बारह बोरी धान जब्त किया गया है जिसकी कीमत एक लाख तेईस हजार रूपये बताई जा रही है मुख्य सचिव निरीक्षण इस बीच मुख्य सचिव आरपी मंडल खुद विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर धान खरीदी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं इसी कड़ी में वे आज बस्तर जिले के करंजी और छापर भानपुरी के धान खरीदी केंद्र पहुंचे मुख्य सचिव ने करंजी में नियम अनुसार बारदाना नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की इस मौके पर खाद्य सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह के साथ राज्य सहकारी विपणन संघ की प्रबंध संचालक शम्मी आबिदी भी मौजूद थीं वरिष्ठ अधिकारियों ने उपार्जन केन्द्र में बारदाना आबंटन भंडारण और बारदाने की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली नागरिकता कानून पुलिस महानिदेशक परामर्श राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी जैसी गैर कानूनी गतिविधियों में बच्चों के शामिल होने को लेकर सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को परामर्श जारी किया है आयोग ने कहा है कि पता चला है कि प्रदर्शनकारियों के कुछ समूह प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी और अन्य हिंसक जैसी गैर कानूनी गतिविधियों में बच्चों को शामिल कर रहे हैं आयोग ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टि से ऐसा किया जाना किशोर न्याय बाल देखरेख और संरक्षण अधिनियम दो हजार पंद्रह के प्रावधानों के तहत बाल अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है अधिनियम यह भी कहता है कि कोई व्यस्क या व्यस्कों का समूह अवैध गतिविधियों के लिये बच्चों को शामिल करता है तो उसे सात वर्ष की अवधि तक की सश्रम कारावास और उस पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है बातों बातों में श्रोताओं समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में की पिछली कड़ी में आकाशवाणी समाचार ने विकास दर बढ़ाने और आर्थिक विकास तेज करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जाने माने विश्लेषक डॉक्टर सुशील त्रिवेदी से बातचीत की थी इस बातचीत की दूसरी कड़ी में आज हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि केन्द्र सरकार अर्थव्यवस्था खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए क्या उपाय कर रही है इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे

श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि राष्ट्र के प्रति सरदार पटेल की अभूतपूर्व सेवा से जनता को प्रेरणा मिलती रहेगी सरदार पटेल का निधन आज ही के दिन वर्ष उन्नीस सौ पचास को हुआ था केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी सरदार पटेल को श्रद्वांजलि दी है

मुख्यमंत्री ने श्री ब्रावो को प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत किया श्री ब्रावो ने श्री बघेल को क्रिकेट का बैट भेंट किया श्री ब्रावो के डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट मेन टेक लीड प्रोजेक्ट के तहत दूरस्थ वनांचलों में कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं में स्वच्छता और मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत महिला स्वसहायता समूहों को रोजगार देने सैनिटरी पैड बनाने वाली मशीनें प्रदान की जा रही हैं श्री ब्रावो ने मुख्यमंत्री श्री बघेल के समक्ष मेन टेक लीड प्रोजेक्ट के तहत पाटन और बस्तर क्षेत्र में महिला स्व सहायता समूहों को बीस मशीनें दान में देने की इच्छा जाहिर की मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के इस अभियान की सराहना करते हुए श्री ब्रावो को इस अच्छी पहल के लिए धन्यवाद दिया आदिवासी नृत्य महोत्सव नवा रायपुर में आज राज्य स्तरीय शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया इसमें सात सौ से अधिक कलाकारों ने पारम्परिक वेशभूषा में शानदार प्रस्तुति दी इस महोत्सव का शुभारंभ आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने किया इस मौके पर उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में चुने हुए प्रदेश के आदिवासी नर्तक दलों को इस महीने सत्ताईस दिसम्बर से राजधानी रायपुर में शुरू होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी लोक कला महोत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा इस आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों के आदिवासी लोक नर्तक दलों के साथ ही विदेशों से भी आए कलाकार शिरकत करेंगे

अब तक इस बीमारी से दो बच्चों की मौत हो गई भैरमगढ़ विकासखंड के चिकित्सा अधिकारी अभय तोमर ने बताया कि पिनकोन्टा गांव में एक ही परिवार के तीन बच्चे जापानी बुखार से पीड़ित थे जिन्हें जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया था इलाज के दौरान दो बच्चों की मौत हो गई एक बच्चे का इलाज चल रहा है तफरीह खेल खेल में मनोरंजन के साथ स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए दुर्ग में आज तफरीह का आयोजन किया गया इसमें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के अलावा विधायक देवेन्द्र यादव भी मौजूद थे इस दौरान विशेषज्ञों ने महिलाओं और युवतियों को आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए इस सप्ताह भी तफरीह में खेलकूद साइकिलिंग योगा रनिंग जूंबा हेल्थ कैंप टर्निंग स्केटिंग और साइकिल स्टंट जैसे विभिन्न आयोजन हुए मौसम उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है वहीं छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है हालांकि पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में सभी संभागों में तापमान सामान्य स अधिक रहा सबसे कम तापमान चौदह डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया

वहीं एक महिला घायल हो गई है जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है ये सभी राजनांदगांव के रहने वाले हैं

इस मामले में तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है